उन्होंने मास्क पहनने नियमित रूप से हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया

इससे कोरोना वायरस का टीका तैयार करने में कोई असर नहीं पड़ेगा यह अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए हैं बधाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूज़ीलैंड में सांसद चुने जाने पर बधाई दी है

अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर गौरव शर्मा ने अपने नाम को सार्थक करते हुए विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है

मण्डी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के सजाऊ और लोंगणी में आज जनसभाओं में उन्होंने कहा कि नई पंचायतों में सभी पद भरे जाएंगे और पंचायत घर भी बनेंगे इस अवसर पर उन्होंने सजाऊ पिपलू में नव स्तरोन्नत पशु चिकित्सालय सहित लोंगणी में गोसदन की आधारशिला भी रखी

इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने लोगों से जल संरक्षण को जीवन का अभिन्न अंग बनाने और वर्षा जल संग्रहण के लिए ग्राम स्तर पर एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया राजीव सैजल ने कहा कि वर्षा जल संग्रहण हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जल संग्रहण के लिए कारगर उपाय है

रेल मंत्रालय ने त्योहारी सीज़न को देखते हुए ये निर्णय लिया है शिमला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक प्रिंस सेठी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए ट्रेन को सैनिटाइज किया जाएगा कोरोना दिशा निर्देशों व प्रोटोकॉल के तहत ट्रेन के लिए पंजीकरण किया जाएगा यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चलने से आधा घण्टा पहले पहुंचना होगा नवरात्र शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में माहौल भक्तिमय बना हुआ है कोरोना संकट के चलते नवरात्र पर्व के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं इस दौरान जहां सामाजिक दूरी मास्क पहनने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा वहीं भीड़ भाड़ कम करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं

इन केन्द्रों में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का लुहणू खेल परिसर भी शामिल है खेल मंत्रालय के अनुसार इन केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी और खेल प्रतिभाओं को भारत के ओलंपिक सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा

लोगों के अनुसार इलाके में कई कम क्षमता के ट्रांसफार्मर और लाइनों के रोज़ाना क्षतिग्रस्त होने से ये समस्या पेश आ रही है